जिला प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुये हैं लगातार पानी छोड़े जाने के कारण इधर सिंध नदी का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है जिला प्रशासन के कार्मिक होमगार्ड सेना पुलिस और एसडीआरएफ लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं इस बीच केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आंकलन करना भी शुरू कर दिया है दल में शामिल सदस्य प्रदेष में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं

कल मुरैना में श्री चौहान ने प्रदेश सरकार पर निषाना साधा इसके पश्चात वे भिंड के अटेर भी पहुंचे भाजपा कल प्रदेष व्यापी धरना प्रदर्षन कर बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग करेगी प्रदेश के मंत्रियों ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरान किया सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह भिंड जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र बघेल धार जिले के कुक्षी पहुंचे उन्होंने सरदार सरोवर परियोजना के डूब प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया कृषि विकास एवं कृषक कल्याण मंत्री सचिन यादव रतलाम जिले के अति वृष्टि प्रभावित जावरा विकासखण्ड के ग्राम पिपलिया जोधा पिपलोदी हनुमंत्या और आलोट विकासखण्ड के ग्राम माल्या पहुंचे रक्षामंत्री केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज बंगलूरू से स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी उन्होंने ट्वीट कर कहा कि तेजस में उड़ान भरना एक अनूठा अनुभव था रक्षामंत्री ने कहा कि इस बहउद्देशीय लड़ाकू विमान को उच्चकोटि की दक्षता हासिल है उन्होंने कहा कि इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता मजबूत होगी इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिये किया है भारतीय नौसेना के लिए तेजस का अंतिम परीक्षण बैंगलूरू और गोवा में किया जा रहा है

इस मामले पर गठित मंत्री समूह की अध्यक्ष वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस मामले में संसद के अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक साल की कैद तथा एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है सम्मेलन उज्जैन में कल से शुरु होने वाले अस्थि रोग विशेषज्ञ सम्मेलन में देश भर के करीब तीन सौ से अधिक डाक्टर भाग लेंगे

सम्मेलन में जोड़ प्रत्यारोपण मेरूदंड और अस्थि रोग की विकृतियों पर तीन कार्यशालाएं आयोजित होंगी साथ ही अस्थि रोग की आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी दी जायेगी